यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र क्मार ने बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है

मंत्रालय ने यह कदम कारोबार को अधिक से अधिक आसान बनाने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है इसमें ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता प्रक्रिया को सशक्त बनाना शामिल है

लगातार तीसरे वर्ष भारत सबसे अधिक सुधार करने वाले दस देशों में बना हुआ है

इस अवसर पर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए जैसलमेर सैन्य छावनी और लोंगेवाला युद्ध स्थल पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें युद्ध स्थल पर श्रद्वांजलि अर्पण समारोह वीर नारियों का अभिनन्दन और मैराथन दौड़ जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए सेना की बैटल एक्स डिवीजन की ओर से मैराथन और साईकिल रैली सहित कई प्रतियोगिताएं हुई

सेना के अदम्य साहस को आमजन तक पहुंचाने के लिए जन सम्पर्क का कार्यक्रम भी रखा गया

भावी प्रसारण डायरेक्ट ट् मोबाइल के बारे में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी हैदराबाद के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की सूचना लोगों तक तेजी से पहुंचनी चाहिए और डायरेक्ट टू मोबाइल से सही सूचना देने में मदद मिलेगी उन्होंने प्रसारकों से मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने में ध्यान केन्द्रित करने को कहा उन्होंने कहा कि उभरती हुई फाइव जी प्रौदयोगिकी में संचार और प्रसारण में भ्रम को देखते हुए डायरेक्ट टू मोबाइल का महत्व बढता जा रहा है

सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कृषि और सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने अधिकारियों की बैठक ली इसमें सूचना और जनसंपर्क आयुक्त डॉ नीरज कुमार पवन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्वांजलि दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लौह पुरूष सरदार पटेल को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की एकता और एकीकरण सुनिश्चित किया उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सरदार पटेल के अथक प्रयासों की वजह से ही अखण्ड भारत के निर्माण का स्वप्न पूरा हो सका

उनकी सकारात्मक पहल से समाज को सही दिशा मिल सकी श्री मिश्र आज जयपुर में विवेकानन्द केन्द्र द्वारा आयोजित क ष्ण का नीति शास्त्र विषय पर विमर्श कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्रष्ण का जीवन संघर्षमय था और उन्होंने कमी धैर्य नहीं खोया हर कदम पर सभी को साथ लेकर चले राज्यपाल ने कहा कि गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाया जाना चाहिए इससे जीवन में उत्तरोतर प्रगति होगी समारोह को पदमश्री निवेदिता ने भी सम्बोधित किया

सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल पर डाटा अपडेटेशन का काम बंद होने के कारण करीब डेढ़ वर्ष से बीमा क्लेम के लिए चक्कर काट रहे हनुमानगढ़ जिले के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है राज्य सरकार की तरफ से पत्राचार करने के बाद अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय पोर्टल फिर से विशेष समय अवधि के लिए खोलने का निर्णय लिया है कृषि विभाग हनुमानगढ़ के उप निदेशक ने बताया कि पोर्टल खोलने के संबंध में निर्देश मिल गए है

भीलवाड़ा ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौभाग्य सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों ने परिवादी से चिट फण्ड के धोखाधडी के एक मुकदमें में गिरफ्तार नहीं करने और मुकदमा समाप्त करने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी दोनों ने परिवादी को एक होटल में बुलाया और रिश्वत ली ब्यूरो की टीम ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया

कस्बे के पास सुबह कोहरे के कारण दोनों गाड़िया आपस में टकरा गई घायलों में कई जवानों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है हादसे के बाद सेना के उच्च अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे

सर्द हवाएं चलने से जनजीवन पर असर पडने लगा है आज सुबह बीकानेर श्रीगंगानगर सीकर झालावाड़ और सवाईमाधोपुर सहित कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा जिससे यातायात पर असर देखा गया कई रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि वहां लोग दिन में ही अलाव जलाकर सर्दी से बचाव के उपाय करते देखे जा रहे है